भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा है कि दो हजार उन्नीस के लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी बोधगया में चल रही प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हये उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर केंद्र में एनडीए की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी श्री राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव में जुट जाने का आह्वाहन किया इस मौके पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी के रास्ते पर चल रही है विधान पार्षद संजय पासवान ने कहा कि गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिये केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम कर रही है केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भाजपा जात की नहीं जमात की राजनीति करती है प्रदेश कार्यसमिति के दूसरे दिन आज राजनीतिक प्रस्ताव समेत पार्टी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विमर्श करेगी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एन एच आर सी ने बेगूसराय में तीन कथित अपहरणकर्ताओं को भीड़ द्वारा मारे जाने के मामले में बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है मीडिया में आई रिपोर्टों को संज्ञान में लेते हुए आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है और छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है ग्रमीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत स्वीकृति मिलने के एक साल के भीतर आवास बनाने वालों को ही दूसरी किस्त दी जायेगी पटना में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के आवास सॉफ्ट में ऐसे प्रावधान किये गये हैं कि यदि स्वीकृति मिलने के बाद एक साल के अंदर आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया गया तो लाभुक को अगली किस्त की राशि ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है श्री कुमार ने कहा कि लाभुकों को सचेत होकर अपने आवास का निर्माण कार्य एक साल में पूरा कर लेना चाहिए मंत्री ने कहा कि राज्य में वित्त वर्ष दो हजार सोलह सत्रह से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लागू है जिसके तहत वर्ष दो हजार बाईस तक राज्य के लगभग पैंतीस लाख गृहविहीन परिवारों के लिए आवास का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम इंटर स्टेट रूटों पर परिचालन के लिये एक सौ बसें खरीदेगा इसके लिये खरीद समिति गठित कर दी गयी है एक बस की औसत कीमत लगभग पच्चीस लाख रूपये होगी राज्य के नौ विश्वविद्यालयों में स्नातक कोर्स में रिक्त सीटों पर अब स्पॉट एडमिशन होगा इसकी प्रक्रिया तेरह सितंबर से शुरू होगी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि तीसरी सूची के आधार पर नामांकन के बाद स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी जिसके माध्यम से विद्यार्थी संबंधित कॉलेज में रिक्त सीटों पर नामांकन ले सकेंगे बिहार लोक सेवा आयोग ने चौसठवीं संयुक्त प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है आयोग ने इसके लिये अगामी सोलह दिसबंर को संभावित तिथि तय की है इस संबंध में आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेज दिया है बीपीएससी की पीटी परीक्षा के लिये चार लाख पचहत्तर हजार परीक्षार्थियों ने आवेदन किया है इस बार एक हजार चार सौ चौवन पदों के लिये परीक्षा ली जायेगी प्रदेश के तेरह जिलों के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना की जायेगी योजना और विकास विभाग के सचिव मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि इस संबंध में संबंधित जिलों को पत्र भेज कर सूचित कर दिया गया है शिक्षा विभाग ने भी इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सरकार के प्रस्ताव को नीति आयोग से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने यह कार्रवाई शुरू की है इस योजना का लक्ष्य कक्षा छह से लेकर बारहवीं तक के विद्यार्थियों में सुजनात्मक क्षमता का विकास करना और नये नये आवष्कारों के लिये उन्हें प्रोत्साहित करना है इस योजना के तहत चयनित विद्यालयों को पांच वर्षों में बीस लाख रूपये दिये जायेंगे प्रदेश में आज हरतालिका तीज का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस अवसर पर महिला अखंड सौभाग्य की कामना के साथ व्रत कर रही हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रजा अर्चना करती हैं भादो महीने के शुल्क पक्ष की चतुर्थी को मिथिला में मनाये जाने वाला चौठ चंद्र व्रत भी आज ही मनाया जा रहा है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया है उन्होंने कहा कि मानदेय बढ़ाये जाने से जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यबल का मनोबल बढ़ेगा और कुपोषण से लड़ने में मदद मिलेगी इससे सेवाओं में सुधार होगा और राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा श्रीमती गांधी ने कहा कि पिछले चार साल से कुपोषण के उन्मूलन के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका है केंद्र सरकार ने एचआईवी और एड्स प्रभावितों व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने वाले अधिनियम को लागू करने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी और एड्स का निवारण और नियंत्रण एचआईवी तथा एड्स के शिकार लोगों के साथ भेदभाव को समाप्त करना है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि इस अधिनियम का उद्देश्य एचआईवी के शिकार और प्रभावित लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है जदयू की विधायक बीमा भारती ने पटना के पीरबहोर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी है जिसमें उन्होंने पूर्व विधायक शंकर सिंह पर उन्हें जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है प्रदेश के तेज गेंदबाज साबिर खान का चयन भारतीय अंडर नाईंटिन बी टीम के लिये किया गया है साबिर आज से भारत बी टीम और नेपाल के बीच लखनऊ में शुरू हो रहे क्रिकेट मुकाबले में खेलेंगे चौदह से सोलह सितंबर तक पूर्णिया में खेले जाने वाले बिहार राज्य अंतरजिला विद्यालय बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये पटना टीम की घोषणा कर दी गयी है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में अगले सीजन के लिये चयनित सीनियर क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच ट्रायल मैच का आयोजन किया गया ट्रायल मैच में बिहार ए टीम ने बिहार बी टीम को हरा दिया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाये जाने की घोषणा की खबर को प्रमुखता दी है हिन्दुस्तान ने अपनी सुर्खी का शीर्षक लगाया है सासाराम में भीड़ ने लुटेरे को पीटकर मार डाला अखबार ने इस खबर के साथ इससे जुड़ी सूचनायें और तस्वीर प्रकाशित की है दैनिक जागरण ने बोधगया से काडमांडू के बीच बस सेवा शुरू होने की खबर को प्रमुखता दी है इसी अखबार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने की बात कही गयी है इसका शीर्षक लगाया है आंगनबाड़ी सेविकाओं आशा का मानदेय बढ़ा अखबारों ने बोधगया में चल रही भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक को प्रमुखता दी है और सचित्र प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने इस खबर का शीर्षक लगाया है लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतने का संकल्प दैनिक भास्कर ने प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय के बयान को शीर्षक बनाया है अफवाह फैलाकर मोदी सरकार को बदनाम कर रहा है विपक्ष प्रभात खबर ने अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है चार हजार महिला दारोगा अभ्यर्थियों में सौ से ज्यादा गर्भवती फिजिकल टेस्ट की तिथि बढ़ाने के लिये लगायी गुहार